यहां वे बोडो समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे बोडोलैंड क्षेत्र के जिलों तथा पूरे असम से आने वाले चार लाख़ से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे असम सरकार की ओर से राज्य की विविधता को दर्शाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुतियां भी इस दौरान लोककला द्वारों पेश की जायेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार आर्थिक सुस्ती समाप्त करने के लिए पिछली यूपीए सरकार की फिजूलखर्ची जैसी गलतियां नहीं करेगी नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से प्राप्त धन फिजूल में खर्च नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार धन का इस्तेमाल सार्वजनिक परिसंपत्ति और संपर्क बढ़ाने विशेषकर ब्रुनियादी ढांचे के अभाव वाले जिलों के बीच संचार व्यवस्था कायम करने पर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य उपकर से प्राप्त राशि आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य ढांचा बनाने पर खर्च की जाएगी इससे उन जिलों में अस्पताल बनाए जाएंगे जहां अभी तक स्वास्थ्य संस्थाएं नहीं है सुश्री सीतारमण ने कहा कि विनिवेश से प्राप्त धन का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा विकास पर किया जाएगा ताकि युवाओं के लिए नए और अधिक रोजगार पैदा किए जा सकें उन्होंने यह भी कहा कि करदाता चार्टर शुरु करने का प्रस्ताव सरकार और कर अदा करने वालों के बीच विश्वास बढ़ाना है कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य जहाजरानी नागरिक उड़डयन विदेश और गृह मंत्रालय की तैयारियों और उपायों की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की बैठक हुई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने की मंत्रिसमूह को कोरिना वायरस संक्रमण की स्थिति से अवगत कराया गया केरल में इस वायरस से तीन लोगों के संक्रमित होने के बारे में बताया गया इनमें से एक मामले की कल पुष्टि हुई है भारत में यह संक्रमण रोकने के लिए उठाए गये ऐहतियाती कदमों और उपायों की जानकारी दी गयी स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि संशोधित यात्रा परामर्श जारी किया गया है परामर्श के अनुसार अगर किसी ने पिछले महीने की पंद्रह तारीख के बाद चीन की यात्रा की है तो उसे अलग रखा जाये परामर्श में अनिवार्य कारनों से भारत आने के इच्छ्क लोगों को पेइचिंग में भारतीय द्रतावास अथवा शंघाई या ग्वाग्झू में वाणिज्य द्रतावास से संपर्क करने को कहा गया है नाग़रिक उड्डयन मंत्रालय ने चीन से संचालित सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को यह यात्रा परामर्श पालन करने का निर्देश जारी किया है इधर कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर भारत म्यांमा सीमा पर लगने वाली पंखसौपास मार्केट भी बंद कर दिया गया है सब डिविजनल अधिकारी इबोम ताओ की अध्यक्षता में हुई जिला स्तर बैठक में ऐतिहात के तौर पर आगामी इक्कीस मार्च तक इस बाजार के संचालन को बंद रखने का निर्णय लिया गया है ईटानगर में आज केंद्रीय लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन पर केंद्रित हानी मिशन कार्याशाला आयोजित की गई इस अवसर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मध्रमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रुप में अपना कर राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है श्री सक्सेना ने राज्य सरकार के ग्राम उद्योग विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे हानी मिशन से संबंधित नए प्रस्ताव भेजे जिससे मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी जायेगी उन्होंने बैंको से भी मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने का अग्राह किया

राजीव विश्व विद्यालय के सैतीसवें स्थापना दिसव के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की चीफ रेक्टर डॉ बी डी मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य और उसके आदर्शों को हमाशा सर्वोच्च प्राथमिकता देना होगा